कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर ध्यान दिया गया किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाया जाएगा

इकत्तीस अन्य घायल

केन्द्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख तिरसठ हजार करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने यह घोषणा की इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम मवेशी टीकाकरण डेयरी क्षेत्र हर्वल खेती मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड़ रूपये देगी

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड़ रूपये की योजना की घोषणा की इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा श्री ठाक्र ने बताया कि सरकार प्रघानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी इसके लिए बीस हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि मवेशियों के टीकाकरण के लिए तेरह हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़ रूपये का कोष बनाया गया है डेयरी प्रसंस्करण के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रूपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए चार हजार करोड़ रूपये के कोष की घोषणा की गई है श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है पहले इसमें टमाटर प्याज और आलू शामिल थे इसके लिए पांच सौ करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूर्णबंदी की दो महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाये गये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रवासी कामगार पैदल अथवा बाइक से यात्रा न करने पाए उन्होंने ट्रक आदि असुरक्षित वाहनों से सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं राज्य सरकार प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी कामगारों को सबसे पहले पेयजल एवं भोजन उपलब्ध कराया जाए उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करके उनके गंतव्य तक सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से पहुंचाया जाए राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी बस अथवा स्कूल बस इस्तेमाल की जा सकती हैं प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों के लिए दिल्ली तथा एनसीआर से पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ी चलवाने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने और टेस्टिंग क्षमता में वृद्वि के भी निर्देश दिये वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है जो बाईस मई तक चलेगा इस चरण में इकत्तीस देशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा इसके लिए एक सौ उन्चास उड़ानें संचालित की जाएंगी जिनमें फीडर उड़ानें भी शामिल हैं इस चरण में अट्ठारह अन्य देशों से प्रवासियों को वापस लाया जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक एक लाख अट्ठासी हजार प्रवासी भारतीयों ने वापसी के लिए पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज यानी फर्जी समाचारों पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी कई दैनिक समाचार पत्रों में कल छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा कि अफवाहें तेजी से फैलती हैं और उनके दृष्परिणाम भी बहुत घातक होते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार फेक न्यूज से निपटने के लिए कृत संकल्प है इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय में तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक एकांश गठित किया है जो इस तरह की खबरों का तत्काल संज्ञान ले रहा है औरैया जिले में आज तड़के एक भीषण सड़क द्र्घटना में चौबीस श्रमिकों की मृत्यु हो गई और इकत्तीस अन्य घायल हो गए दुर्घटना जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहोली गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुयी पुलिस ने बताया कि हाइवे किनारे खड़े ट्रॉला को एक तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मारी जिसके बाद ट्रॉला पलट गया और उसमें सवार चौबीस लोगों की मृत्यु हो गई

सभी श्रमिक हरियाणा के फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे मृतकों में बिहार और बंगाल के लोग भी शामिल हैं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ उन्सठ नए मामले मिले जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा चार हजार सत्तावन हो गया है प्रदेश में बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है कल राज्य के विभिन्न अस्पतालों से एक सौ तेईस लोगों को स्वस्थ हो जाने पर छुट्टी दी गई प्रदेश में अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा दो हजार एक सौ पैंसठ हो गया है बीमारी से पन्चानबे लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ सत्तानबे है सर्वाधिक प्रभावित आगरा जिले में कल नौ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी वहां सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ छिहत्तर हो गई है मेरठ में नौ संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर एक सौ चौरासी हो गए हैं कानपुर नगर में कल कोविड नाइन्टीन का एक मामला मिला जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ बत्तीस हो गई है लखनऊ में पांच नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले तिरसठ हो गए हैं गौतमबुद्ध नगर में छः लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुयी यहां सक्रिय मामलों की संख्या बयासी है गाजियाबाद में चार नए मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या सत्तासी हो गई है हापुड़ में दस लोगों में संक्रमण की पुष्टि ह्यी जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या उन्तालीस हो गई है गाजीपुर जिले में कल तेरह नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या इक्कीस हो गई है बाराबंकी में कल बारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी यहां सक्रिय मामलों की संख्या इक्कीस है बलरामपुर में छः मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा दस पहुंच गया है बलिया में कल नौ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या दस हो गई है जिन अन्य जिलों में कल संक्रमण के मामले मिले उनमें रामप्र में सात ब्लन्दशहर सिद्वार्थनगर अयोध्या और जौनपुर में चार चार वाराणसी महाराजगंज तथा कानपुर देहात में तीन तीन और बरेली चन्दौली प्रतापगढ़ संतकबीर नगर व बहराइच में दो दो मरीज शामिल हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के स्नायु रोग विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर एम वी पद्मा ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से सुरक्षित रहने और इसका प्रसार रोकने के लिए लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डा नितेश ने बताया कि देश में कोविड नाइन्टीन की जांच में लगातार तेजी आ रही है और हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है आज हम बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं हमारी लैब कोपिसिटी भी बढ़ी है हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं हमारे पेंशेट्स भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं गवर्मेट के डेटा ने बताया हमें कि तीन परसेंट मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक परसेंट करीब मरीज वेटिलेटर पर हैं श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से बारह लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच गए हैं रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक देश के विभिन्न भागों में फसे लोगों को निकालने के लिए एक हजार से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं लॉकडाउन के कारण विभिन्न जगहों पर काम करने वाले मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए पहली मई से श्रमिक विशेष रेलगाडियां शुरू की गई रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रेल विभाग रोजाना चार लाख से अधिक लोगों को निकालने के लिए प्रतिदिन तीन सौ श्रमिक रेलगाडियां चलाने के लिए तैयार है रेलगाडी में बैठने से पहले यात्रियों की समुचित जांच की जाती है ट्रेन में यात्रियों को निःशुल्क भोजन और पानी दिया जा रहा है फसल वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में देश में क्ल खाद्यान्न की पैदावार उन्तीस करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से एक करोड़ चार लाख साठ हजार टन अधिक है